म्ख्यमंत्री ने कहा कि शहीद की शहादत मातृ भूमि की रक्षा करने वालों को प्रेरित करती रहेगी

तीन जून को द्र्घटना के दौरान जान गंवाने वाले वाय् सेना के बहाद्र योद्वाओ को श्रद्वाजंलि देते हये उन्होंने कहा कि सेना पीडि़तों के परिवारों के साथ खड़ी है

केन्द्रीय वितमंत्री निर्मला सीतारमन आज नई दिल्ली में वित और प्रंजी बाज़ार के प्रतिनिधियों के साथ बजट से पहले विचार विमर्श करने के लिये बैठक कर रही है बाद में वे ब्नियादी ांचा क्षेत्र के प्रतिनिधियों और जलवायू परिवर्तन के विशेषज्ञों से भी मुलाकात करेगी इससे पहले सीतामरन के कृषि उदयोग और व्यापार क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ भी विचार विमर्श किया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जातिवाद क्षेत्रवाद और भाई भतीजावा की भावन से ऊपर उठकर जरूतमंदो की ओर सेवा करने का आग्रह किया है आज पानीपत में आयोजित कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में बोलते हये मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि सता सुख भोगने का साधन नहीं है बल्कि जन सेवा का माध्यम है उन्होंने कहा कि पार्टी में मंत्री से लेकर विधायक तक सभी कार्यकर्ता ही है

उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिणाम है कि लोकसभा च्नाव को बड़ी जीत मिली है उन्होंने इस मौके पर लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के लिये सभी तालाबों का विकास करवाने की घोषणा भी की और लोगों से अनुरोध किया वे संरक्षण पूर्न भरण और पर्यावरण संरक्षण में अधिक से अधिक योगदान दे ताकि आने वाली पीप्रियों को श्द्व वातावरण मिल सकें भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शा आज नई दिल्ली में प्रदेश पार्टी प्रम्खों और महासचिवों के साथ बैठक की बैठक में संगठन इकाईयों के च्नाव कराने सदस्यता अभियान और पार्टी से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई बैठक को सम्बोधित करते हये श्री शाह ने कहा कि लोकसभा च्नाव से मिली जीत के बावजूद पार्टी को अभी ब्लदियों तक पहुंचाना है शिवराज चौहान रमन सिंह वस्ंधरा राजे कैलाश विजयवर्गीय भूपेन्द्र यादव और जे पी नड्डा सहित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता बैठक में उपस्थित रहे बैठक में हरियाणा झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा च्नावों के लिये पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा की गई

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के एक प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि विभाग द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का बड़े पैमाने पर प्रचार एवं प्रसार किया जा रहा है ताकि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम हो सके उन्होंने बताया कि सोलर इन्वर्टर चार्जर लगवाने के लिए किए जाने वाले आवेदन के साथ किसी भी एक पहचान पत्र की कॉपी और एक छत का फोटो जहाँ ये सिस्टम लगवाना है अपलोड करने होंगे चयनित लाभर्थियों को मानकों के अन्सार विभाग की पैनलबद्ध कंपनियों से उक्त प्रणाली स्थापित करवानी होगी

यह घोषणा म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने ग्रूग्रम में की उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश के बहत से इलाकों मे ज़मीन में पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है पानी बचाने के लिये सूक्षम सिंचाई प्रणाली अपनाना समय की जरूरत है

इससे पहले सबसिडी का पैसा भी बचेगा जिसका प्रयोग कही ओर किया जा सकेगा म्ख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार स्टार रेटिड मीटर खरीद कर किसानों को देगी किसानों को सामान्य मोटर की कीमत के बराबर पैसा भरना होगा बाकी खर्च सरकार वहन करेगी

इसके साथ म्ख्यमंत्री ने कहा कि साथ वाले प्रदेशों से फसल लाकर यहां बिक्र नहीं करने देंगे इसके लिये पंजीकरण की प्रक्रिया श्रू का रही है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कल जम्मु कश्मीर के अनंतनाग में आंतकी हमले में शहीद हये झज्जर के निवासी केन्द्रीय रिज़र्व प्लिस बल के ए एस आई श्री रमेश क्मार के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हये कहा कि आंतकियों के नापाक इरादे कभी सफल नहीं होंगे और श्री रमेश कुमार की शहादत असंख्य य्वाओं को अपनी मातु भूमि की रक्षा करने के लिये प्रेरित करती रहेगी म्ख्यमंत्री ने अरूणाचल प्रदेश में वाय् सेना के विमान हादसे में शहीद हये वाय् सेना के जवान श्री पंकज सागवान और श्री आशीष तंवर के निधन पर भी गहरा दुख प्रकट किया है मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हये दिवंगत आत्माओं की शांति के लिये प्रार्थना की है उधर झज्जर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहीद रमेश का पार्थिव देह दिल्ली हवाई अड्डे से उनके पैतृक गांव खेड़ी जट्ट में लाई गई हे शहीद का अंतिम संस्कार शाम को किया जायेगा